प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के निर्णय का समर्थन करने के लिए राज्यों को धन्यवाद दिया उन्होंने सभी राज्यों को टीमवर्क के रूप में साथ काम करने के प्रयासों की सराहना की

उन्होंने राज्यों से आयुष डॉक्टरों पारा मेडिकल स्टाफ एनसीसी और एनएसएस स्वयंसेवकों की मदद लेने को कहा इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राज्यों से जिला स्तर पर संकट प्रबंधन समूह स्थापित करने और जिला निगरानी अधिकारियों की नियुक्ति की भी बात की प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में फसलों की कटाई के दौरान लॉकडाउन से कुछ राहत देने की बात कही उन्होंने राज्यों से अनाज की खरीद के लिए ए पी एम सी के अलावा अन्य प्लेटफार्म भी तलाषने को कहा उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को राषि उपलब्ध कराने का निर्देष दिया मुख्यमंत्रियों ने इस दौरान राज्यों में संकट कम करने के लिए संसाधनों तथा वित्तीय और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बात की प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि हमसब को मिलकर कोरोना वायरस के संकमण से बचाव और उनके हॉटस्पॉट की पहचान सुनिषचित करने के लिए युद्धस्तर पर काम करने की जरूरत है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना की और उनके दिये गये निर्देषों का राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का भरोसा दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जनसंख्या के फिर से उभरने पर एक संगठित निकास रणनीति तैयार करना महत्वपूर्ण है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ राज्यों में लॉकडाउन को और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता और केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देष दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम जारी अपने ट्विटर संदेष में कहा है कि वे कल सुबह नौ बजे अपना एक वीडियो संदेष देषवासियों के साथ साझा करेंगे संभवतः यह संदेष कोरोना वायरस संकमण से बचाव और लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन करने को लेकर हो सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देषभर में कोरोना के एक हजार नौ सौ पैंसठ मामले सामने आ चुके हैं जिनमें एक हजार सात सौ चौंसठ मामले अभी सकिय हैं हालांकि एक सौ इक्यावन मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं लेकिन पचास लोगों की कोरोना संकमण से मौत भी हई है

संवाददाता सम्मेलन में गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि देषभर में करीब नौ हजार तबलीगी जमात के कार्यकर्ताओं की पहचान कर ली गयी है और उन्हें क्वाराइंटाइन मे रखा गया है इनमें से एक हजार तीन सौ छह लोग विदेषी नागरिक थे इधर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देष दिया है गृह सचिव ने कहा है कि आपदा के समय सही जानकारी का प्रसार जरूरी है

यहां लोगों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए सब्जी खरीदने के लिए जागरूक किया गया नगर पंचायत पदाधिकारी अमित कुमार खुद सब्जी बाजार में निगरानी कर रहे थे इस दौरान उन्होंने आमजनों से घर पर ही रहने एवं लॉक डाउन का पालन कर जीवन को सुरक्षित रखने की अपील की पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर में लॉकडाउन के दौरान लोगों द्वारा सामाजिक दूरी बनाने में लापरवाही बरती जा रही है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सब्जी बाजारों में आज भी हजारों की भीड़ देखी जा रही है

इससे आंजन धाम आने वाले श्रद्दालुओं की संख्या इस बार नहीं के बराबर रही

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् कल राष्ट्रपति भवन से राज्यपालों उपराज्यपालों और राज्यों के प्रशासकों के साथ वीडियो सम्मेलन करेंगे

यह राज्यपालों उपराज्यपाल और प्रशासकों के साथ दूसरा वीडियो सम्मेलन होगा इससे पहले सताइस मार्च को आयोजित पहले वीडियो सम्मेलन में चौदह राज्यों के राज्यपालों और दिल्ली के उप राज्यपाल ने अनुभव साझा किये थे जबकि बाकी बचे राज्यपाल और उप राज्यपाल कल अपनी बात रखेंगे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

वार्ड पार्षद गरीबों और असहायों को भोजन की व्यवस्था कराकर लॉकडाउन की स्थिति में सहयोग कर रहे हैं वहीं ग्रामीण इलाकों के जरूरतमंदों तक सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चावल दाल पहुंचायी जा रही है

पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के डाबलेवा जंगल में अभियान चलाकर टीपीसी एरिया कमांडर प्रीतम कुमार उर्फ अनुज उर्फ जयंत को गिरफ्तार किया है पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाष थी

छतरपुर के एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार टीपीसी कमांडर पिपरा हरिहरगंज हुसैनाबाद मोहम्मदगंज नावाबाजार के अलावा बिहार के औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय था

पश्चिमी सिंहभूम जिले में दिल्ली के मरकज की जमात में शामिल सोलह लोगों की पहचान कर उन्हें क्वॉरेंटीन में रखा गया है प्रशासन ने कल देर रात तक इन लोगों को ढूंढा इनमें नौ लोग दूसरे राज्यों के निवासी हैं

उन्होंने सभी को एहतियात बरतने को भी कहा है

इनमें पंद्रह लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं जिले के सिविल सर्जन डॉ जॉन एफ कनेडी ने इसकी पुष्टि की है